रंगों का त्योहार होली के मौके पर राज्यभर में हर्ष और उल्लास का माहौल है पूरा झारखंड होली की मस्ती से सराबोर है राजधानी रांची में सुबह से ही घरों गली मुहल्लों में होली का उमंग देखने को मिला गिले शिकवे भूलकर लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाने मे व्यस्त रहे हालांकि इस बार कोरोना वायरस के फैलाव पर अंक्श लगाने को लेकर होली खेलने के दौरान लोग सेहत को लेकर खासे सजग नजर आये ज्यादातर लोगों ने हर्बल रंग गुलाल का इस्तेमाल किया होली आपसी भाईचारे का त्योहार है और इसमे जाति वर्ग के भेदभाव को भुलाकर सभी एक ही रंग मे रंगे नजर आते हैं इधर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में हरिहर मिलन का आयोजन बाबा मंदिर में परंपरागत रूप से सम्पन्न हुआ हरिहर मिलन में शामिल होने हजारों की संख्या में भक्त बाबा मंदिर पहुंचे मान्यता है कि त्रेता यूग में जब भगवान विष्णु ने रावण से शिवलिंग हरण कर बाबा धाम में स्थापित किया था वह तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की शाम थी इस प्रकार हरि का हर यानी महादेव से मिलन को भक्त हरिहर मिलान के रूप में मनाते है श्रद्दालु सबसे पहले मंदिर में पहुंच कर शिवलिंग पर अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद त्योहार की शुरुआत करते हैं होली के दौरान राज्यभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे पाकुड़ जिले में भी होली का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ शांतिपूर्ण मनाया गया पावन पर्व होली के मौके पर खूंटी भी रंग गुलाल से रंगा दिखा आम लोग होली में रंगे नजर आये वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जमकर होली खेली इधर गोड्डा जिले के सुद्र गांवों में होली और बाहा पर्व परंपरागत उल्लास और खुषी के माहौल में मनाया जा रहा है राज्य के अन्य सभी जिलों में भी परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समक्ष गंभीर संकट पैदा हो गया है सरकार के छह मंत्रियों सहित इक्कीस कांग्रेस विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हैं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था उन्नीस विधायकों ने अपने इस्तीफे ई मेल के जरिए राजभवन भेजे जबकि बिसाहूलाल सिंह और एदल सिंह कनसाणा ने अपने त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे

इक्कीस सदस्यों के त्यागपत्र देने से विधानसभा की प्रभावी संख्या दो सौ सात रह जाएगी किसी भी पार्टी को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए एक सौ चार का जादुई आंकडा छूना होगा कांग्रेस के सदस्योम की संख्या सदन में एक सौ चौदह थी लेकिन इन इस्तीफों के बाद विधानसभा में यह संख्या तिरानवे रह गई है पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के दो समाजवादी पार्टी के एक और चार निर्दलीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त् है इन्हें मिलाकर कांग्रेस के समर्थन में अधिकतम सौ विधायक होंगे और वह बहुमत से पांच सीटें कम रहेगी भारतीय जनता पार्टी के सदन में एक सौ सात विधायक हैं झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है यूपीए ने दो में से एक सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिव् सोरेन को उम्मीदवार बनाया है श्री सोरेन कल विधानसभा परिसर में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे उनके नामांकन दाखिल में झामुमो के अलावा कांग्रेस विधायकों के भी उपस्थित रहने की संभावना है इधर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है इस बैठक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याषी के नाम की घोषणा कर दिये जाने की संभावना है

हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है

गढ़वा जिले के सभी स्कूल कॉलेजों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता कार्यकम चलाये जा रहे हैं

लोकसभा में पिछले सप्ताह एक प्रश्न् के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस समिति में कृषि और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं उन्होंने बताया कि समिति जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड चैन उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी और इसके लिए एसी कोच वाली एक्सप्रेस और मालगाडी चलाई जा संकती है रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास खाली पडी जमीन पर सौर पैनल लगाए जाने की भी योजना है एक अन्य प्रष्न के उत्तर में रेल मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि देश में विश्वस्तरीय तकनीक और सेवाओं के साथ निजी यात्री रेलगाडियां चलाने के प्रयोजन से ऑपरेटरों के लिए नियम और शर्ते निर्धारित करने के वास्ते सचिवों के एक समूह का गठन किया है फिलहाल देश में कोई भी रेल यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों द्वारा नहीं चलाई जा रही है गोड्डा जिले के विकास कार्यों को निर्बाध रूप देने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया है गोड़डा के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल ने बताया कि मेगा अडाणी पावर प्रोजेक्ट के लिए साहेबगंज के गंगा नदी से नब्बे किलोमीटर दूर मोतिया गांव में पानी लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य चल रहा है उन्होंने बताया कि यह काम काफी कठिन है और इसे पूरा करने के लिए हजार लोग जुटे है पुलिस की ओर से उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है छह बार की विश्व चैम्पियन एम सी मैरीकॉम और अमित पंघाल सहित तीन भारतीय मुक्केबाजों ने ओलिंपिक खेलों में जगह पक्की कर ली है विश्व चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली सिमरनजीत कौर कल दूसरी वरीयता प्राप्त मंगोलिया की नामुन मोंखोर को हराकर ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं और अब संक्षिप्त खबरें गिरिडीह के उपायुक्त रहल कुमार सिन्हा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का लाभ उठाने की अपील की है उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए धन की कोई कमी नहीं है

गिरिडीह जिले के आाज सुबह बेंगाबाद छोटकी खरगडीह मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गयी लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेदाल गांव में बाईस वर्षीय एक युवक की कुआं में डूबने के कारण मौत हो गयी मौसम पूर्वानुमान में राज्यभर के विभिन्न जिलों में अगले चौबीस घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिष की संभावना व्यक्त की गयी है